निर्वाचन विभाग द्वारा आचार संहिता के दौरान सरकारी वाहनों के उपयोग पर भी रोक लगा दी गयी है

कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष रघु शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में राज्य सरकार के मंत्री अशोक चांदना ममता भूपेश बी डी कल्ला परसादी लाल मीणा समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया बैठक के बाद श्री शर्मा ने संवाददाताओं को बताया कि कैंपेन कमेटी के फैसलों को कल होने वाली पार्टी की कॉर्डिनेषन कमेटी की बैठक में रखा जायेगा उन्होंने बताया कि पार्टी समाज के हर वर्ग से संवाद स्थापित की योजना बना रही है

जिला कलेक्टर ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से आदर्श आचार संहिता की पालना करने को कहा है उधर बूंदी में जिला निर्वाचन अधिकारी रूकमणी रियार की अध्यक्षता में विभिन्न प्रकोष्ठ प्रभारियों की बैठक सम्पन्न हुई जिला पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता ने सेक्टर मजिस्ट्रेट को संवेदनशील और अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए नागौर जिले में भी लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं आदर्श आचार संहिता की सख्ती से पालना के लिए पुलिस अधीक्षक गगनदीप सिंगला ने थाना अधिकारियों की बैठक ली टोंक में भी लोकसभा चुनाव शांतिपूर्वक सम्पन्न कराने के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं जालौर में लोकसभा चुनाव की तैयारियों के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रिंटिंग प्रेस मालिकों की बैठक लेकर जरूरी निर्देश दिए प्रतापगढ में आज जिला प्रशासन की ओर से पोस्टर बैनर हटाए गए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

श्री मोदी ने कहा कि देश की मौजूदा केन्द्र सरकार बापू के बताए रास्ते पर चल रही है और कांग्रेस वाली कार्यप्रणाली से देश को मुक्त कराने का सपना पुरा करने में लगी है उधर कांग्रेस कार्य समिति को अहमदाबाद में हुई बैठक में दांडी मार्च की वर्षगांठ पर शहीदों को श्रद्वांजलि दी गई पार्टी के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस आतंकवाद और अपनी मातृभूमि पर होने वाले किसी भी हमले का मुकाबला करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराती है

इसके लिए पहले बोली सौंपने का काम आज समाप्त होना था

टंकी का पानी और मलबा पास में बने अदालत परिसर में गिरा जिससे अदालत परिसर का आधा हिस्सा भी ढह गया उन्होंने बताया कि टंकी के मलबे में किसी के दबे होने की आशंका के चलते घटनास्थल पर बचाव और राहत कार्य जारी है

घटना के बाद जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह और पुलिस अधीक्षक राजीव पचार मौके पर पहुंचे और घटना के संबंध में जानकारी ली

इन सभी को अचेत अवस्था में अलवर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है

सीकर की अदालत ने हत्या के मामले में आरोपी किशोर को सुधार गृह भेज दिया है